राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दंतेवाड़ा में माओवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए घायल जवानों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए ग्यारह उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है

वहीं दो अन्य जवान और एक पत्रकार भी घायल हुआ है सभी घायलों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है माओवादी दूरदर्शन के कैमरामैन का कैमरा भी लूटकर अपने साथ ले गए हैं

दूरदर्शन समाचार के तीन लोगों की एक टीम आज चुनाव कवरेज के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में गई हुई थी जिला पुलिस बल की एक टीम इनकी सुरक्षा के लिए तैनात थी दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब तीस किलोमीटर दूर नीलवाया के जंगलों में माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया पुलिस जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस मुठभेड़ में दूरदर्शन न्यूज के कैमरामेन अच्युतानंद साहू एक एएसआई रूद्रप्रताप सिंह और एक कांस्टेबल मंगल राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं पुलिस के दो अन्य जवान घायल हो गए बस्तर रेंज के डीआईजी ने बताया है कि अतिरिक्त पुलिसबल तत्काल मौके की ओर रवाना किया गया है और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर

आज शाम रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में समेलो से नीलवाया के बीच सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें व्यवधान उत्पन्न करने की नीयत से ही माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया श्री अवस्थी ने बताया कि इस घटना के दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच करीब एक घंटे तक फायरिंग हुई है इस मुठभेड़ में दो से तीन माओवादियों के भी मारे जाने की संभावना है उन्होंने कहा कि घटना के बाद इलाके में चलाए गए तलाशी अभियान में इस क्षेत्र से करीब दस बारूदी सुरंगें बरामद की गई हैं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना की निंदा की है

श्री राठौड़ ने कहा कि हमले में शहीद हुए कैमरामैन अच्युतानंद साहू की मृत्यु से उन्हें बहुत दूःख हुआ है श्री राठौर ने माओवादी हमले में मारे गए दूरदर्शन के कैमरामैन के परिजनों को द्रदर्शन की ओर से दस लाख रूपये और पत्र सूचना कार्यालय के पत्रकार कल्याण कोष से पांच लाख रूपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने भी नक्सली हमले में दूरदर्शन के कैमरामैन और सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने पर दुख व्यक्त किया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए शहीद जवानों और दूरदर्शन के एक कैमरामेन की शहादत पर गहरा दूःख व्यक्त किया है

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने हमले में शहीद हए दो पुलिसकर्मी और दूरदर्शन के कैमरामैन के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है भाजपा उम्मीदवार सूची भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए ग्यारह उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है ग्यारह में से नौ नए प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट दी है पार्टी ने बसना विधायक रूपक्मारी चौधरी और सरायपाली विधायक रामलाल चौहान को इस बार टिकट नहीं दी है इन्हें मिलाकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की नब्बे में से नवासी सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं केवल रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा नें प्रत्याशी घोषित नहीं किया है कल नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी आगामी एक नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे दसरे चरण के लिए दो नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं तीन नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और पांच नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं दूसरे चरण के लिए मतदान बीस नवम्बर को होगा गौरतलब है कि राज्य में दो चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं पहले चरण में अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों के लिए बारह नवंबर को मतदान होगा अट्ठारह सीटों पर कुल एक सौ नब्बे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं राज्य में दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना ग्यारह दिसम्बर को होगी जकांछ प्रत्याशी सूची इधर दूसरे चरण के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी एक बार फिर मरवाही से चुनाव लड़ेंगे पार्टी ने अब तक इंक्यावन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है पार्टी ने रायपुर नगर उत्तर कोटा महासमुद और मनेन्द्रगढ़ से अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है वहीं बहुजन समाज पार्टी ने उनतीस प्रत्याशियों की सुची जारी की है पार्टी ने अब तक भरतपुर सोनहत अंबिकापुर कुनकुरी और पाली तानाखार से अपने प्रत्याशियों के नाम जारी नहीं किए हैं उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी और सीपीआई के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है सोशल मीडिया इस बार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और प्रत्याशी सोशल मीडिया का भी काफी सहारा ले रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन के संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं सोशल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में अपने प्रचार के लिए इन माध्यमों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है इसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी द्वारा दिये जाने वाले ई विज्ञापन को भी एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा राजनीतिक दल राज्य स्तरीय समिति से प्रमाणीकरण करवा सकेंगे वहीं प्रत्याशी जिला स्तर पर गठित ऐसे समितियों से अपने विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणिकरण करवा सकते हैं विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर मतदाता जागरूकता अभियान प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के तहत किसान मेले का आयोजन किया गया किसान मेले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बनसोड़ ने प्रत्येक मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने की समझाईश दी नारायणपुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है इसी के तहत आज एड़का हाईस्कूल के बच्चों ने रैली निकाली और साप्ताहिक बाजार पहुंचकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया उधर अम्बिकापुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत सरगुजा पुलिस टीम के खिलाडियों को शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलाई गई संक्षिप्त समाचार कांकेर में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा ङ्यूटी में तैनात कर्नाटक पुलिस के प्रधान आरक्षक की बीती रात हृदयघात से मौत हो गई दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी में डूबने से सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई यह जवान सातधार कैम्प में पदस्थ था बलरामपुर जिले में शकरगढ़ थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से एक ग्रामीण घायल हो गया बीजापुर पुलिस अधीक्षक के गनमैन पर बीती रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि कर दी है कोंडागांव जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के चनाभरी गांव के पास पुलिस ने पांच किलो का आईईडी बरामद किया है राज्य ओपन स्कूल की हायर सेकेण्डरी अवसर परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं

इस दौरान चार घरेलू सिलेंडर सहित पच्चीस किलो पॉलीथिन जब्त किया गया